सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से प्रदेश सरकार ने आंशिक कोरोना कफ्य को विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया है

यह जानकारी आज लखनऊ में अपर मख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन औद्योगिक गतिविधियां मेडिकल संबंधी कार्य जैसी आवश्यक अनिवार्य सेवाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी उन्होंने बताया कि प्रदेश म रेमिडेसिवर सहित जीवन रक्षक मानी जाने वाली सभी दवाओं की सुनिश्चितता उपलब्ध कराई जा रही है

सरकारी कोविड अस्पतालों में यह इंजेक्शन पूर्णतः निःशल्क हैं निजी अस्पतालों को जरूरत के अनुसार डीएम और सीएमओ द्वारा इसकी उपलब्धता कराई जा रही है सभी जिलाधिकारी और सी एमओ यह सुनिश्चित करें कि जब भी किसी मरीज को यह इंजेक्शन दिया जाये तो वहां नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ एक चिकित्सक भी उपलब्ध हो

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिये हैं कि स्वच्छता सेनेटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य युद्धस्तर पर किया जाये इसके लिए फायर विभाग के वाहनों का भी इस्तेमाल किया जाये मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में प्रवर्तन की कार्यवाही प्रभावी ढंग से जारी रखी जाये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति पूरी सक्रियता से कार्य करें

मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आईसीयू वार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया

निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों आर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

उन्होंने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग और ट्रेसिंग का अभियान चल रहा है

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि टेस्टिंग कार्य और तेज किये जाने की आवश्यकता है

इसे और बढ़ाये जाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं

गोरखपुर और आस पास के ज़िलों के लिए विशेष ट्रेन चलाए जाने की तैयारी की जा रही है

इससे कानपुर के आस पास के ज़िलों के मरीजों को भी राहत मिलेगी यहां स इन ऑक्सीजन टैंकरों को कन्नौज रायबरेली और सैफई भेजा जायेगा उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग स्तर से अस्पतालों में समन्वय बनाते हुए ऑक्सीजन खपत को संतुलित करने की कार्रवाई की जाये उन्होंने कहा कि कोविड को हराकर स्वस्थ हुए कुछ लोगों में मानसिक व शारीरिक समस्या होने के मामले सामने आये हैं

इन अस्पतालों में मनोचिकित्सक फिजियोथेरेपिस्ट की तैनाती की जाये उन्होंने निर्देश दिये कि स्वास्थ्य विभाग के स्तर से इसकी व्यवस्था अगले दो दिनों के अंदर कर ली जाये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

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हवाई जहाज के माध्यम से यह कंसाइनमेंट आज दोपहर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर उतारा गया जहां स इसे परिवार कल्याण निदेशालय के राज्य वैक्सीन स्टोर में पहुंचाया गया

प्रदेश सरकार के इस कदम से कोरोना टीकाकरण के कार्य में और तेजी आयेगी वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रामनगर में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ कल विधान परिषद सदस्य अशोक धवन डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य व स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से किया

सांसद की पहल पर पहला ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में जल्द ही यूपीडा के सहयोग से डीआरडीओ द्वारा स्थापित किया जायेगा सांसद मेनका संजय गांधी ने बताया कि शुक्रवार को कोयंबटूर से आक्सीजन प्लांट सयंत्र भेज दिया गया था जो आज रात तक सुल्तानपुर पहुँच जायेगा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मातू दिवस के अवसर पर आयोजित एक वेबिनार को राजभवन से सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में माता को मातु देवो भवः कहा गया है अर्थात माँ का स्थान भगवान से ऊपर है उन्होंने कहा कि मां की गोद बच्चे के लिये दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है अतः मां के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है राज्यपाल ने कहा कि हमारा देश महान संस्कृति और परम्पराओं वाला देश है जहां लोग अपनी मां को प्रथम प्राथमिकता देते हैं हम सभी अपनी मां के प्यार देखभाल कड़ी मेहनत और प्रेरणादायक विचारों को महसूस करते हैं माताएं भी कोरोना महामारी के दौरान एक साथ रह रहे परिवार को टीम भावना के साथ कार्य करने बच्चों को उनके हनर के हिसाब से काम करने और संकट के इस समय में धैर्य संयम एवं साहस से कार्य करने की सीख दे सकती हैं उन्होंने कहा हम सभी केवल मातु दिवस के अवसर पर ही मां का सम्मान न करें बल्कि मां के प्रति यह सम्मान सदैव बनाये रखें

यह राशि सभी त्रि स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं गांव ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए है